मुख्यमंत्री ने कहा देहरादून शहर की मलिन बस्तियों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने एक अध्यादेश को मजूरी दी

यह बात वित्त पेयजल और चमोली के प्रभारी मंत्री प्रकाश पंत ने कही वे आज घाट ब्लॉक के आपदा प्रभावित मोख क्षेत्र के दौरे पर प्रभावित लोगों की समस्यांए सुन रहे थे उन्होंने कुण्डी धुर्मा मोख मल्ला मोख तल्ला सेरा जाखणी आदि गांवों के आपदा प्रभावितों से बातचीत की श्री पन्त ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को बहाल करने और राहत कार्यों के लिए धनराशि की कोई कमी नही होने दी जायेगी

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने प्रभारी मंत्री को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी दी उन्होंने कहा कि इन गांवों में लोगों को टैण्ट कम्बल खाद्यान्न और सहायता धनराशि का वितरण किया जा चुका है आपदा प्रभावित जारी इससे पहले कल श्री पन्त ने थराली ब्लॉक के आपदा प्रभावित वाण रतगांव झलिया बुंगा कुलिंग प्राणमति और ढाडरबगड़ गांवों के लोगों की समस्याएं सुनते हुए उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किसी व्यक्ति के अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर इसकी सुचना तत्काल जिला प्रशासन को दें ताकि उसके इलाज के लिए हैलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जा सके इस अवसर पर थराली विधायक मुन्नी देवी शाह और कर्णप्रयाग विधायक सुरेन्द्र सिंह नेगी भी मौजूद थे स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है

वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने चमोली जिले में सर्वेक्षण के लिए आज कर्णप्रयाग में स्वच्छता रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

उधर अल्मोड़ा जिले में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने संयुक्त रूप से स्वच्छता रथ को रवाना किया इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि इस दौरान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को साफ सुथरा रखने का अभियान जनभागीदारी के साथ चलाया जाएगा ऑल वैदर रोड नैनीताल उच्च न्यायालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की महत्वाकांक्षी ऑल वैदर रोड परियोजना के निर्माण के लिए ली गयी पर्यावरणीय मंजूरियां दस दिन के अंदर पेश करने को कहा है न्यायालय के ये निर्देश मंत्रालय द्वारा दायर उस अर्जी पर आये हैं जिसमें उसने न्यायालय के पहले की अनिवार्य हिदायतों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था इसमें राज्य की नदियों के पांच सौ मीटर दूर मलबा फेंकने के स्थानों का चयन किये बिना सड़क निर्माण और पनबिजली परियोजनाओं को रोकने को कहा गया था न्यायालय ने राज्य की ग्रामीण सड़कों की दयनीय दशा पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है अतिक्रमण देहरादून शहर में फूटपाथों गलियों सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किये गये अनाधिकृत निर्माणों और अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण चिन्हांकन और सीलिंग का काम लगातार किया जा रहा है

हरेला हरिद्वार में आज पर्यावरण संरक्षण और उत्तरखण्ड के लोक पर्व हरेला की श्रृंखला में विकास कॉलोनी ऋषिकुल पार्क में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया इस अवसर पर श्री कौशिक ने लोगों से पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान करने की अपील की

देहरादून में मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा मुख्यमंत्री के सम्मान में आयोजित समारोह में उन्होंने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि अध्यादेश के जरिए सरकार ने तीन साल का समय लिया है ताकि मलिन बस्तियों के लोगों के आवास की समस्या का समाधान निकाला जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस अवधि में गरीबों को मकान देने का काम करेगी ताकि कानून का भी पालन हो सके

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और विधायक हरबंस कपूर भी मौजूद थे

देहरादून में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में परिवहन निगम निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया

मुख्य सचिव ने विद्यार्थियों के लिए इलेक्ट्रिक सिटी बस चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि शहरों में विद्यार्थियों को स्कूल लाने ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक बसे चलाई जायें इसके साथ ही उन्होंने निगम की बसों में सीसीटीवी कैमरे स्पीड गवर्नर और जीपीएस लगाने के भी निर्देश दिए

अब तक अंधेरे में रह रहे देश के कई गांवों को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत बिजली कनैक्शन से जोड़ा गया है

गांव के राजपाल पंवार बताते हैं कि जब से गांव में बिजली पहुंची है तब से लोगों को बहुत सी सुविधांए मिली हैं ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय उन्हें उजाले में रहने के लिए अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था लेकिन बिजली आने के बाद से उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती साथ ही उन्हें रात के समय आने जाने में भी सहूलियत मिली है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के जरिये मारवाड़ी गांव अंधकार से मुक्त होकर रोशनी की नई राह पर आगे बढ़ रहा है खनन प्रक्रिया कुमाऊं मण्डल में खनन प्रक्रिया और अवैध खनन की रोकथाम के बारे में मण्डलायुक्त राजीव रौतेला ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि मानसून के बाद पहली अक्टूबर से खनन प्रक्रिया शुरू की जाए मण्डलायुक्त ने जिलाधिकारियों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली

यह गांव भारत चीन सीमा के पास है और यहां हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस बड़ी ध्रमधाम से मनाया जाता है सचिवालय में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में श्री रावत ने यह जानकारी दी